राज्य के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा निष्पक्ष च्नाव के लिये मीडिया को निभानी होगी महत्वपूर्ण भूमिका सुल्तान अजलानशाह कप हॉकी टूर्नामेन्ट में भारत का विजय अभियान शुरू जापान को दो शून्य से रौंदा

उन्हे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक सादे समारोह में शपथ दिलाई

राष्ट्रपति ने लोकपाल में चार न्यायिक सदस्य और चार गैर न्यायिक सदस्य भी नियुक्त किए

पार्टी ने बिहार में भी एनडीए प्रत्याशियों की सूची को जारी कर दिया

पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा की जगह रविशंकर प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है

सीकर जिले के नीमकाथाना में बीत दिनों हई लूटपाट की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने आज पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक एससेंगाथीर ने जयपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुये बताया कि आरोपियों के पास से लूटा गया करीब साढ़े चार किलोग्राम सोना भी बरामद कर लिया गया है

आरोपी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरु कर दी है

विभाग के दल ने मौके से ट्रैक्टर ट्रॉली में भरी खेर की लकड़ियॉ और ंकटाई के उपकरण बरामद किये हैं

राज्यभर में शहीदी दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये नागौर में किसान संगठन की ओर से शहीदों को पृष्पांजलि अर्पित की गई करौली में भी शहीद भगतसिंह की प्रतिमा के समक्ष हवन यज्ञ किया गया सिरोही में भी आज शहीदों के बलिदान को याद करते हुये कई कार्यक्रम आयोजित किये गये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शहीदी दिवस के अवसर पर अपने संदेश में युवाओं को नये भारत के निर्माण के लिये आगे आने का आहवान किया

अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टर लोहिया ने न्यायपूर्ण और समतावादी समाज के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया आगामी लोकसभा चुनाव के संबंध में आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से आज जयपुर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया झालाना डूंगरी रिथित राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान सीफ में आयोजित कार्यशाला में प्रदेश के सभी जिलों में कार्यरत आकाशवाणी के अंशकालिक संवाददाताओं के साथ समाचार संपादक और समाचार वाचकों ने हिस्सा लिया कार्यशाला में आगामी लोकसभा चुनाव की कवरेज के दौरान बरती जाने वाली सावधानी पर चर्चा की गई

उन्होंने राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान आकाशवाणी द्वारा अपनाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की श्री जोगाराम ने बताया कि चुनाव आयोग इस बार सोशल मीडिया के जरिये राजनीतिक प्रचार पर विशेष चौकसी बरत रहा है उन्होने ने कहा कि भ्रामक और दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जायेगी इस अवसर पर पत्र सूचना कार्यालय की अपर महानिदेशक डॉ प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने कहा कि आकाशवाणी को एक लोक प्रसारक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हए समाचारों के प्रसारण में विशेष सतर्कता बरतनी चाहिये उन्होने कहा कि आकाशवाणी समाचारों का अपना स्तर है और जनता आकाशवाणी से निष्पक्ष और सटीक समाचारों की उम्मीद रखती है

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस रोग से प्रति जागरूकता बढाने के उददेश्य से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व क्षय रोग दिवस की शुरूआत की थी क्षय रोग के प्रति जागरूकता के लिये प्रदेशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं राजधानी जयपुर में इस अवसर पर राजस्थान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र में राज्यस्तरीय कार्यक्रम के तहत चिकित्सकों की कार्यशाला आयोजित की जायेगी बांसवाडा में आज टीबी मुक्त शहर के उददेश्य को लेकर रैली का आयोजन किया गया इस रैली में नर्सिंग विद्यार्थियों और स्वच्छताकर्मियों ने हिस्सा लिया बीकानेर और बूंदी में भी विद्यालयी छात्र छात्राओं ने लोगों को क्षय रोग के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से रैली निकाली

भारत का अगला मैच कल कोरिया से होगा भारतीय टीम कप्तान मनप्रीत सिंह के नेतृत्व में कप को अपने नाम करने के इरादे से उतरी है इस बार की टीम में कई अनुभवी खिलाडियों को जगह नहीं मिली है जबकि युवा चेहरों को टीम में दमखम दिखाने का मौका दिया गया है

प्रतियोगिता का पहला मैच चैन्नई सुपरकिंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरू के बीच चैन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम पर खेला जायेगा पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि देर्त हुये इस बार प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया है

जयपुर को सात मैचों की मेजबानी मिली है इस बीच राजस्थान रॉयल्स के सभी खिलाड़ी जयपुर पहुंच चुर्के हैं और दिन के समय तथा रात को फ्लड लाइट्स में जमकर अभ्यास कर रहे हैं

इसमें जनजातीय राज्यमंत्री अर्जुन सिंह बामनिया सहित महिला और पुरूषों ने गेर नृत्य का आनन्द लिया

झालावाड़ जिले के खानपुर में रूपाली नदी के टीले में मिट्टी ढह जाने से वहॉ काम कर रही दो महिलाओं की दबने से मृत्यु हो गई

चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य ॅनिर्वाचन अधिकारियों को इस बारे में निर्देश जारी किए हैं चुनाव प्रकिया में मतदाताओं की भागीदारी बढाने के लिए सभी वर्गों खासकर दिव्यांग मतदाताओं का मत प्रतिशत बढ़ाने के प्रयासों के तहत यह पहल की गयी है ब्रेलयुक्त ईपीआईसी के लिए निर्धारित प्रारूप में एक तरफ ब्रेल लिपि में ईपीआईसी नंबर मतदाता का नाम जन्मतिथि और आयु दर्ज होगी जबकि दुसरी तरफ मतदान केन्द्र संख्या विधानसभा क्षेत्र का नाम और संख्या लिखी होगी